मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोण्डा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की शिथिलता न बरतने के दिये निर्देश प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से अपने विचार करेंगे साझा

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के अस्थि कलश को कल प्रदेश के विमिन्न जिलों में ले जाया गया जहां कलश यात्रा के दौरान लोगों ने फूल बरसा कर अटल जी को भावपूर्ण श्रद्वाजलि अर्पित की कानपुर में अस्थि कलश पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं सहित नगरवासियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा अस्थि कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गो से गुजरी इस दौरान प्रष्प वर्षा और गगनमेदी नारे लगा कर लोगों ने स्वर्गीय वाजपेई को श्रद्वाजलि अर्पित की यह यात्रा पैंतीस किलोमीटर का सफर तय करके बिद्र स्थित पत्थर घाट पर पहुंची जहां विधि विधान के साथ अस्थि कलश का विसर्जन किया गया इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना और सत्यदेव पचौरी अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रज़ा सांसद देवेन्द्र भोले सहित जन प्रतिनिधि और गण्यमान्य नागरिक मौजूद थे स्वर्गीय वाजपेई का अस्थि कलश सिद्वार्थनगर पहुंचा जहां लोगों ने पृष्पाजंलि अर्पित कर के उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की अस्थि कलश यात्रा में जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न समुदाय के लोग उपस्थित रहे स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने स्वर्गीय वाजपेई के निधन को अप्रणनीय क्षति बताते हुए कहा कि उनके विचार भारत को एकता और अखण्डता के सूत्र में पिरोने का काम करेंगे आज अटल बिहारी वाजपेई जी की अस्थियां तथागत गौतमबुद्द की घरती सिद्दार्थनगर जनपद में आई है जिस तरह से उनके प्रति लगाव लोगों की भावनात्मक एक लोगों का जुनून सा है ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अपने परिवार के किसी प्रियजन को खो दिया है

वह अप्रणीय क्षति है लेकिन जो उन्होंने अपने उस व्यक्तित्व को एक हिमालय की तरह विराट है विचारों में जो सागर की तरह गहराई है वह निरियत तौर पर आने वाले दिनों में भारत को एकता और अखण्डता के एक सूत्र में रिपोने का काम करेगा

बलरामपुर में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्तोओं वरिष्ठ नागरिकों तथा प्रदेश के मंत्री सूर्यप्रताप शाही रमापति शास्त्री श्राक्स्ती के सांसद दद्दन मिश्रा सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्वर्गीय वाजपेई की अस्थियों को राप्ती नदी में विसर्जित कर दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थिकलश यात्रा सांसद हरीश द्विवेदी के नेतत्व में कल बस्ती पहुंची सैकड़ो की संख्या में लोग कलश यात्रा के साथ बस्ती होते हुए ड्मरियागंज तक गये कलश यात्रा आज बस्ती वापस आयेगी और कुआनो नदी में अस्थियों का विसर्जन किया जायेगा गोरखपुर में कलश यात्रा का आगमन आज दोपहर डेढ़ बजे हो रहा है शहर के समी प्रमुख चौराहे से गुजरते हुए यह यात्रा गोलघर के निपाल क्लब में पहुंच कर एक श्रद्दाजलि सभा में परिवर्तित हो जायेगी अस्थि कलश यात्रा और श्रद्दाजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे समा के बाद मुख्यमंत्री द्वारा स्वर्गीय बाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन राप्ती नदी में किया जायेगा आज ही वाराणसी इलाहाबाद चित्रकूट सहित कई जिलों में अस्थियों का विसर्जन वहां की प्रमुख नदियों में किया जायेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोण्डा ज़िले के करनैलगंज तहसील के बाढ़ प्रभावित इलाक़े का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से राहत और बचाव कायों की जानकारी ली इस दौरान श्री योगी ने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावितों को हर संमव सहायता पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है सरकार द्वारा की जा रही व्यक्स्थाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन कर शरणालयों में रह रहे पीड़ित परिवारों के लिए खाने पीने और दैनिक उपयोग की क्स्त्यों दवाओं मैटरनिटी हट की सुलभता सहित अन्य ठोस बंदोबस्त किये गये हैं श्री योगी ने जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आने का आहवान भी किया मुख्यमंत्री ने घाघरा नदी की बाढ़ से हर वर्ष होने वाली त्रासदी से लोगों को छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया

श्री योगी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी मुख्यमंत्री ने पाल्हाप्र बाढ़ चौकी पर पैंतीस पीड़ितों को राहत सामग्री के पैकेट भी बांटे इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की सैंतालिसवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने ट्वीट कर के कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं वे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी में प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को नेपाल में दो दिन के बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे विदेश मंत्रालय में सचिव प्रीति सरन ने बताया कि संगठन के देशों के बीच संपर्क बढ़ाने और आपसी संबंधों को सुद्ध करने जैसे विषय शिखर सम्मेलन की कार्यसूची में प्रमुख होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीनों के शत प्रतिशत उपयोग के लिए तैयार है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने साढ़े सत्रह लाख वीवीपैट मशीनों की खरीद का ऑर्डर दिया है और अब तक दस लाख मशीनें मिल चुकी हैं जहां तक वीवीपैट फोलियर का सवाल है ये नई मसीन है अभी इन्टरज्यूज हुई है और ये इलेक्ट्रो मैकोनिकल है जबकि ईवीएम का वीयू और सीयू होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रोनिक मवीन है इसमें जैसे जैसे लर्निंग करते हुए जो हमारे पोलिंग अफसर्स का ट्रेनिंग बढ़ेगा और उसका प्रयोग ज्यादा होगा

अभी फिलहाल इसको सुद्धार करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने इसमें बहुत से इम्यूक्मेट किए हैं जो आगे चुनाव में इसमें उतने डिफेक्ट्स की संभावना नहीं होगी श्री राक्त ने फ़िलहाल लोकसमा और राज्य विघानसमाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावना से इंकार किया है उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के लिए पहले कानूनी ढांचा तैयार होना ज़रूरी है राज्य सरकार ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में महिलाओं को रोडवेज बसों में एक दिन की निःशल्क यात्रा का तोहफा देने की घोषणा की है राज्य परिवहन निगम से मिली जानकारी के अनुसार महिलाओं को मुफ़्त यात्रा सुक्विदा का यह लाम आज रात बारह बजे से छबीस अगस्त रात बारह बजे तक मिलेगा इसके अलावा परिवहन निगम यात्रियों की सुविवा के लिए अतिरिक्त बसे भी संचालित कर रहा है अतिरिक्त बसें चलाने का यह क्रम उन्तीस अगस्त तक जारी रहेगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए एक लाख बारह हजार से अधिक किफायती आवासों के निर्माण की मंजूरी दी है प्रस्तावित मकानों की स्वीकृति के बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या चौवन लाख पन्वानबे हजार से अधिक हो जाएगी